इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्वि का आधार बन रहे हैं उन्होंने कहा देश की महिलाओं में समाज को बदलने की क्षमता है चर्चा के दौरान श्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य विकास योजना के लाभार्थियों के से इन योजनाओं के विषय में जानकारी ली श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं स्वभाविक रूप से उद्यमशील होती हैं और उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती महिलासशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों को अपनी योग्यता को अपने हुनर को पहचानने काअवसर उपलब्ध हो हमारी माता बहनों को अवसर मिल जाता है वो कमाल करके दिखा देती हैं

एक तरह से पांच करोड़ परिवारों के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति का इजाफा हुआ है जिससे एक और इनकम का सोर्स तैयार हुआ है चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने राजनांदगांव की स्व सहायता समूह की प्रमुख मीना मांझी से उनके कारोबार के बारे में पूछा इस पर मीना मांझी ने बताया कि उनके समूह में बारह महिलाएं शामिल हैं जो ईट बनाने का काम करती है उनकी ईंटे ग्राम पंचायत खरीदती है अब तक उन्होंने करीब डेढ़ लाख ईटों का निर्माण किया है जिसमें से एक लाख ईटें बिक चुकी हैं

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की युगल पीठ ने मुख्य कहा कि ऐसे निर्माणों से वन्यप्राणी और जंगल तो प्रभावित होंगे ही साथ ही पैसों की बर्बादी भी होगी हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब वर्ष दो हजार बीस तक सघन वन क्षेत्र के गांवों को अचानकमार टाईगर रिजर्व से बाहर बसाना है तो इस इलाके में नये मकान बनाने का कोई औचित्य नहीं है गौरतलब है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत करीब साढ़े सात करोड़ रूपए की लागत से छह सौ इक्कीस मकान बनाए जा रहे हैं कर सीमा केन्द्र सरकार ने करों से जुड़े मामलों में अपील दायर करने की राशि की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रूपए कर दी है केन्द्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आज बताया कि ऐसा मुकदमों की संख्या घटाने के उद्देश्य से किया गया है उन्होंने बताया कि कर विभाग अब आयकर और अन्य करों से संबंधित मामलों में तभी अपील दायर कर सकेगा जब कर की राशि बीस लाख रूपये या उससे ज्यादा हो विवाह सहायता राशि राज्य सरकार अब असंगठित महिला श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए एकमुश्त पन्द्रह हजार रूपए की सहायता देगी इस योजना का संचालन असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा योजना के तहत पंजीकृत महिला कर्मकार को स्वयं के विवाह और एक बार पुनर्विवाह तथां पंजीकृत श्रमिक की पहिली दो पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी हितग्राहियों को शादी होने के बाद छह महीने के भीतर किसी च्वाइस सेंटर या सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करना होगा इस योजना में ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार हमाल और सफाई कामगारों को शामिल नहीं किया गया है पावर प्लांट हादसा कोरबा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिजली संयंत्र में आज हए एक हादसे में जूनियर इंजीनियर गंभीर रूप से झुलस गया जिसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया है बताया जाता है कि पांच सौ मेगावॉट उत्पादन के इस संयंत्र में दैनिक रखरखाव के दौरान अचानक विस्फोट हो गया प्रबंधन ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं

इसी दौरान बालेबेड़ा के जंगल से पांच माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपए का इनाम भी घोषित था

इन माओवादियों पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने के आरोप है उधर कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने दो प्रेशर बम बरामद किया है पुलिस के अनुसार जिले के परतापुर से मोहला जाने वाली सड़क पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से माओवादियों ने अलग अलग स्थानों पर तीन प्रेशर बम लगाए थे जिन्हें तलाशी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया दुर्घटना कोरबा जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग घायल हो गए इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जाती है मिली जानकारी के अनुसार कोरबा अंबिकापुर मार्ग पर गुरसियां गांव के पास आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर डिवाईडर से टकरा गई इस हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है कार में सवार सभी लोग मुंगेली जिले के लोरमी के रहने वाले है

राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने विश्वविद्यालय के नये कुलपति के नाम को मंजूरी दे दी है जिसके बाद उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है गौरतलब है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम इससे पहले नागपुर के महाराष्ट्र पशुपालन तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय में डीन रह चुके हैं वहीं अंकुर अरूण कुलकर्णी को रायपुर के रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है तेजिन्दर गगन निधन दूरदर्शन रायपुर के पूर्व उपमहानिदेशक और जाने माने साहित्यकार तेजिन्दर सिंह गगन का बीती रात निधन हो गया

राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री गगन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि श्री गगन का साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान रहा है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गगन अपनी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं के अलावा देश और समाज की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया गौरतलब है कि श्री गगन ने एक स्थानीय अखबार से अपने कॅरियर की शुरूआत की थी बाद वे द्रदर्शन और आकाशवाणी में लंबे समय तक कार्यरत् रहे इस दौरान उन्होंने काला पादरी हैलो सुजीत काला आजार वह मेरा चेहरा और सीढ़ियो पर चीता जैसे चर्चित उपन्यास लिखें कहानी संग्रह घोड़ा बादल और बच्चे अलाव ताप रहे हैं इस कविता संग्रह से भी उन्हें विशेष ख्याति मिली वर्ष दो हजार चौदह में छत्तीसगढ़ शासन ने श्री गगन को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से विभूषित किया था श्री गगन के पार्थिव शरीर का आज दोपहर रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में साहित्यकार पत्रकार और बुद्धिजीवी उपस्थित थे मौसम ओड़िशा की ऊपरी हवा में बना चक्रवात इन दिनों छत्तीसगढ़ में सक्रिय होने के कारण प्रदेशभर में मध्यम से तेज बौछारें पड़ रही हैं रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार चक्रवात के असर से पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा दुर्ग और रायपुर संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई वहीं बस्तर संभाग के क्छ स्थानों पर लगातार तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं कोंडागांव में कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं और खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है प्रदेशभर में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है अगले चौबीस घंटों के बारे में मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रदेश के मैदानी और उत्तरी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल जगदलपुर प्रवास पर रहेंगे वे धरमपुरा में मुरिया समाज के भवन का लोकार्पण करेंगे कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात नियमों का पालन करने और मोबाइल फोन से होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन कर छात्रों को जानकारी दी गई कोण्डागांव जिले में आज सर्पदंश से एक युवक की मौत हो गई जांजगीर चांपा जिले के टुंडरी गांव में हुई सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन सवार युवक की मौत हो

वहीं इसी जिले के शिवरीनारायण में महानदी सें एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है